दिल्ली मुम्बई के बीच यह पहली ऐसी राजधानी एक्सप्रेस है जो गुजरात के बजाय मध्य प्रदेश से होकर गंतव्य तक पहुंचेगी

हिन्दी ऑलंपियाड प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में हिन्दी विषय में कुशलता जाँचने के लिये हिन्दी ऑलंपियाड का आयोजन कल किया जायेगा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी ओलंपियाड का आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों से लगाव और हिन्दी पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने के साथ ही बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जा रहा है हिन्दी ओलंपियाड परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी उधर हमारे श्योपुर संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने श्योप्र के सभी सरकारी स्कूलों में इसके आयोजन के निर्देश दे दिये हैं टीकाकरण प्रदेश भर में मीजल्स और रुबैला बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है

पीयूष गोयल केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं को खास क्षमताओं वाले रोजगार के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है वे आज मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ की रोजगार और आजीविका कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से बीते वर्षो में हमने स्कूल और कॉलेजों की डिग्रियों और प्रमाण पत्रों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया और व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया लेकिन अब दुनिया भर में स्थिति बदल रही है भविष्य के रोजगारों के स्वरूप को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगारों की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल नहीं है श्री गोयल ने यह भी कहा कि सरकार उद्योगों और सरकार की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर मध्यप्रदेश का चयन किया गया है

साथ ही प्रदेश के होशंगाबाद जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रभावी सामुदायिक व्यस्तता की श्रेणी में प्रस्क्र त किया जायेगा

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है